भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी को ग्यारह सीटें दीं जदयू ने अपने सभी एक सौ पंद्रह उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की

पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी आधिकारिक रूप से आज एनडीए में शामिल हो गया पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने अपने कोटे से ग्यारह सीट विकासशील इंसान पार्टी को दी है वीआईपी को ब्रहमपुर बोचहां गौराबोराम सिमरी बख्तियारपुर सुगौली मधुबनी केवटी साहेबगंज बलरामपुर अलीनगर और बनियापुर विधानसभा सीटें दी गयी हैं वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी को विधान परिषद् की एक सीट देने का भी आश्वासन दिया है

उन्होंने लोजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे दल बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हैं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कल चेहल्लूम के बावजूद भी नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि चेहल्लूम के कारण सामान्य अवकाश की वजह से कल नामांकन पत्र नहीं भरे जायेंगे जो बिल्कुल गलत है उन्होंने कहा कि चेहल्लूम के मद्देनजर बिहार में अवकाश घोषित नहीं है इसलिए इस दिन सभी कार्य पूर्ववत चलते रहेंगे विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में अठाईस अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिये कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है इस चरण में सोलह जिलों के इकहत्तर विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इमामगंज से नामांकन पत्र दाखिल किया है मंत्री प्रेम कुमार ने गया शहर से बांका से राम नारायण मंडल और पूर्व मंत्री दामोदर रावत ने झाझा से अपना पर्चा दाखिल किया है लोजपा टिकट पर राजेन्द्र सिंह ने दिनारा से और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने भाजपा के टिकट पर जमुई विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है इस सीट पर ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है अनंत सिंह का मुकाबला इस क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह से होगा दूसरी तरफ वजीरगंज विधानसभा सीट से भाजपा के वीरेन्द्र सिंह ने बाढ़ से भाजपा नेता ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू ने भभुआ से राजद प्रत्याशी भरत बिंद ने शेखपुरा से राजद के विजय सम्राट ने रोहतास के चेनारी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम डियरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सत्य नारायण यादव सासाराम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार काराकाट विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजेश्वर राज और बरबीघा विधानसभा सीट से कांग्रेस के गजानंद शाही ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जनता दल यूनाईटेड ने आज अपने सभी एक सौ पंद्रह प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने बयालीस उम्मीदवारों को पार्टी का सिम्बल सौंपा है जदयू ने बीस महिलाओं को टिकट दिया है मंजू कुमारी वर्मा को चेरिया बरियारपुर पूनम देवी यादव को खगड़िया रंजू गीता को बाजपट्टी बीमा भारती को रूपौली लेसी सिंह को धमदाहा और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पुत्री आसमा परवीन को महुआ से टिकट दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन से टिकट दिया गया है मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव को सुपौल से मोहम्मद खुर्शीद को सिकटा नरेन्द्र नारायण यादव को आलमनगर शैलेश कुमार को जमालपुर और चंद्रिका राय को परसा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेन्द्र यादव को वेलागंज से गोह से भीम सिंह दिनारा से विजय मंडल रजौली से प्रकाश वीर और भभुआ से भरत बिंद को उम्मीदवार बनाया है बोधगया से सरबजीत कुमार शेखपुरा से विजय सम्राट जमुई से विजय प्रकाश झाझा से राजेन्द्र यादव सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव और मसौढ़ी से रेखा पासवान इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी आज लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गयीं पार्टी ने उन्हें पाली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है इधर लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडेय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र मुन्ना ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है साथ ही उन्होंने नवादा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चूनाव लड़ने की घोषणा की है दूसरी तरफ जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए लोजपा के टिकट पर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडेय भी लोजपा के टिकट पर तरारी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरेंगे हालांकि उन्होंने आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वह टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में प्रेस की आजादी बनाए रखने के लिए पूरी तरह दुढ़ प्रतिज्ञ है उन्होंने मीडिया से कहा कि वह आत्म नियंत्रण की व्यवस्था का पालन करें और भड़काऊ समाचारों के प्रचार प्रसार से बचे ताकि समाज में शांति और सौहार्द न बिगड़े प्रदेश में अब तक एक लाख उनासी हजार तीन सौ इक्यावन कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार चार सौ बाईस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ सताईस हो गयी है आज कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ चार नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इक्यानवे हजार चार सौ सताईस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आज पटना में दो सौ तिरसठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है मधेपुरा से साठ पूर्णिया से अंठावन मुजफ्फरपुर से संतावन कटिहार से इक्यावन पश्चिम चंपारण से अड़तालीस और गोपालगंज से सैंतालीस पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार एक सौ अड़तालीस है देश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने की दर पचासी प्रतिशत को पार कर गई है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में बयासी हजार से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक संतावन लाख चौवालीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इसी अवधि में महामारी से नौ सौ छियासी मौतें हुई हैं जिससे मृतकों की कुल संख्या एक लाख चार हजार पांच सौ पचपन हो गई है देश में मृत्यू दर एक दशमलव पांच पांच प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है वहीं एक दिन में कोविड उन्नीस के बहत्तर हजार से अधिक नये मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों की संख्या सड़सठ लाख से अधिक हो गई है भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन ले और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखे और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखे साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कोविड उन्नीस से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी का पालन करने का अपील की है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने लोगों से कोविड से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं

रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी कॅटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्यौहार मनायें लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम छह फूट की द्री बनाए रखें धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी

पूर्वी चंपारण पुलिस ने कई मामलों में आरोपित कुख्यात और इनामी अपराधी राजन सहनी को दिल्ली के महिपालपुर से गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर पचास हजार रूपये का इनाम घोषित था

भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी को ग्यारह सीटें दीं जदयू ने अपने सभी एक सौ पंद्रह उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की